केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के तहत अगले शिक्षण सत्र से उच्च शिक्षा संस्थानों में हजारो सीटें उपलब्ध होगी जयपुर में कल एक समारोह को सम्बोधित करते हुए श्री जावडेकर ने मोदी सरकार के इस निर्णय को आर्थिक न्याय की दिशा में क्रांतिकारी कदम बताया

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने देश में मादक पदार्थो के इस्तेमाल की समस्या के निवारण के लिए पंचवर्षीय कार्य योजना का मसौदा तैयार किया है मादक पदार्थो की मात्रा में कमी लाने की पंचवर्षीय राष्ट्रीय कार्य योजना का उद्देश्य इस मुद्दे के समाधान के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाना है इसमें प्रभावित व्यक्तियों और परिवारों की शिक्षा नशा मुक्ति और प्नर्वास के उपाय शामिल है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र सेवा के लिए राजनीति में है जबकि अन्य राजनैतिक दल फूट डालो और राज करो की नीति पर चलकर अपना वोट बैंक खड़ा करना चाहते हैं श्री मोदी कल वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये तमिलनाड् में बूथ स्तर के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रहे थे उन्होंने कहा कि अवसरवादी गठबंधन और वंशवादी पार्टियां अपना खूद का सामाज्य खड़ा करना चाहती है लेकिन भाजपा जनता को अधिकार सम्पन्न बनाना चाहती है प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि भाजपा लोकसभा चुनावों में शानदार प्रदर्शन करेगी श्री मोदी ने कहा कि आगामी चुनाव सरकार के विकास के एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए भाजपा और देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं उच्चतम न्यायालय के दूसरे वरिष्ठ न्यायाधीश अर्जन कुमार सिकरी ने सीसैट का सदस्य नियुक्त किये जाने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है केन्द्र सरकार ने पिछले साल के अंत में न्यायमूर्ति सिकरी के नाम की अनुशंसा की थी लेकिन केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के तत्कालीन निदेशक आलोक वर्मा को हटाने बाद उन्होंने यह कदम उठाया है गौरतलब है कि न्यायमूर्ति सिकरी श्री वर्मा को सीबीआई के निदेशक पद से हटाने से जुड़ी चयन समिति में शामिल थे जयपुर स्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में कल भाजपा विधायक दल की बैठक आयोजित की गई जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता गुलाब चन्द कटारिया को सर्वसम्मति से नेता प्रतिपक्ष चुना गया केन्द्रीय पर्यवेक्षक अरूण सिंह ने बैठक के बाद बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने श्री कटारिया के नाम का प्रस्ताव रखा जिसका विधायकों ने समर्थन किया

पूर्व मंत्री राजेन्द्र राठौड़ को विधायक दल का उपनेता चुना गया है श्री कटारिया ने उनका नाम प्रस्तावित किया भाजपा विधायक दल की बैठक में पार्टी के विधानसभा चुनाव प्रभारी प्रकाश जावडेकर प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बी सतीश और चन्द्रशेखर सहित कई नेता उपस्थित थे

राज्यपाल कल्याण सिंह श्री कटारिया को आज राजभवन में विधानसभा सदस्य की शपथ दिलायेंगे

उसके बाद विधानसभा का पूर्णकालिक अध्यक्ष चुना जायेगा तब तक प्रोटेम स्पीकर ही कार्य करेंगे शपथ दिलाने में श्री कटारिया के सहयोग के लिर्य भवर लाल शर्मा परसराम मोरदिया तथा महादेव सिंह खण्डेला को नामित किया गया है

यह फैसला कल नई दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह द्वारा गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली संकल्प पत्र समिति की बैठक में लिया गया श्री सिंह ने बताया ये उप समितियां जनता से प्रत्यक्ष संवाद स्थापित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को जोड़ कर बनायीं जाएंगी प्रदेशभर में आज मकर सकांति का पर्व मनाया जा रहा है इस अवसर पर लोग आज सुबह से ही पवित्र कृण्डों में स्नान करके दानप्रण्य कर रहे है राज्यपाल कल्याण सिंह और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मकर सकांति पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि त्यौहार हमारे जीवन में उत्साह ताजगी और उल्लास लाते है इसलिये इन्हें मिलजुलकर मनाना चाहिये ताकि पूरे समाज का वातावरण सुखद और सौहार्दपूर्ण बना रहे मुख्यमंत्री अर्शोक गहलोत ने कल जयपुर के बापूनगर रिथित एक स्कूल में पानी बचाओ बिजली बचाओ सबको पढाओं बेटी बचाओं वृक्ष लगाओं और नववर्ष की शुभकामनों लिखी पतंगों का विमोचन किया मकर सकांति के अवसर पर आज जयपुर में पतंग उत्सव का आयोजन किया जा रहा है पतंगों की दुकानों पर युवाओं की भीड देखी जा रही है कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं ने शहरवासियों से पतंगबाजी के दौरान चाईनीज मांझे का उपयोग ना करने की सलाह दी है शहर के कई संगठनों ने मांझे की डोर से घायल पक्षियों के इलाज की व्यवस्था भी की है सड़क सुरक्षा हेलमेट पहनने और मकर सकांति के दिन मांझे से घायल पक्षियों को बचाने के लिये कल जयपुर में यातायात पुलिस द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई यातायात पुलिस उपायुक्त पूजा अवाना ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया इस दौरान उन्होंने लोगो से अपील की कि वे मांझे की चपेट से बचने के लिये हेलमेट के प्रयोग सहित आवश्यक सावधानियां बरते

प्रदेश में स्वाईन फ्लू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है इस रोग से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है

नागौर में जल्द ही केन्द्रीय विद्यालय का भवन निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा